विधानसभा समाचार छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज पुलिस हिरासत में हुई मौत और पेंडारी नसबंदी शिविर का मामला गूंजा सुरजपुर जिले के चंदौरा थाने में युवक कृष्णा सारथी की मौत के मामले में भाजपा विधायकों की मांग पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सदन की समिति द्वारा जांच के निर्देष दिए वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कल पेश किए गए बजट प्रस्तावों पर आज से सामान्य चर्चा शुरू हुई आज सदन में भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने सूरजपुर जिले में कुष्णा सारथी की पुलिस हिरासत में हुई मौत का मामला उठाया श्री अग्रवाल ने आरोप लगाया कि कृष्णा को जबरन लॉकअप में बंद किया गया था नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने भी कहा कि कृष्णा सारथी के खिलाफ जब अपराध पंजीबद्ध नहीं हुआ तो उसे थाने ले जाकर लॉकअप में क्यों रखा गया भाजपा विधायकों ने इस पूरे मामले की विधानसभा की कमेटी बनाकर जांच कराने की मांग की जिसे स्वीकार करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की समिति से जांच कराने के निर्देष दिए

इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि दुनियाभर के विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि कोविड उन्नीस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने वाले आयोजनों को कम किया जाए एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस सलाह को देखते हुए उन्होंने इस वर्ष किसी भी होली मिलन कार्यक्रम में भाग न लेने का फैसला किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी होली मिलन समारोहों में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है उन्होंने लोगों से सार्वजनिक समारोहों में हिस्सा न लेने और अपने परिवार की उचित देखभाल करने को भी कहा है

इसके तहत लोगों को व्यक्तिगत स्वच्छता का ख्याल रखने और बार बार साबुन से हाथ धोने का परामर्श दिया गया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डीन डॉक्टर राजीव सूद ने सलाह दी है कि लोगों को इससे बचने के लिए कुछ सावधानी बरतनी चाहिए

एक्सपोजर जो हैं हाथ न मिलाएं किसी से कॉन्टेक्ट में कम से कम रहें ये नेचुरल अपने रूटीन में भी डिस्टेंस मेंटेन करें अपने हाथ को फेस पर न ले जाएं अपने हाथ को वॉश करना शोप एंड वॉटर से फ्रीक्वेंटली दिन में बहत जरूरी है और ऐसे पेशेन्ट्स अगर आपको लगे कि कुछ ट्रेवल करके आएं हैं या उनको कफ एंड कोल्ड है या उनको क्वारंट टाइम एडवाइज किया है तो उनका ध्यान रखें कि कौन कौन उनके कांन्ट्रेक्ट में आया है और कोई पैनिक की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉमन कोल्ड और जो ये कोरोना है उसके सिमटम्स थोड़े से ओवर लेपिंग भी होते हैं इसलिए हर बुखार हर जुकाम कोरोना वायरस नहीं है कोविड उन्नीस से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार ने एक हेल्पलाइन नम्बर शून्य एक एक दो तीन नौ सात आठ शून्य चार छह भी जारी किया है विशेष ग्राम सभा राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी जिला कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आठ मार्च को विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन करने का निर्देश जारी किया है इसके अनुसार ग्राम सभा में महिला पोषण शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा उत्तराधिकार और अवसर की समानता पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए महिला स्व सहायता समूह स्वच्छता दूत महिला जागृति समिति महिला मंडल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिनों का सहयोग लेने का निर्देश भी दिया गया है पंजीयन ब्रोशर राज्य सरकार ने भवन निर्माण परियोजना के संचालकों द्वारा मकान जमीन और पलैट के बिक्रीनामा का पंजीयन करने के लिए अन्य दस्तावेजों के साथ परियोजना का ब्रोशर लगाना भी अनिवार्य कर दिया है इस संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग ने आदेश जारी कर दिया है गौरतलब है कि संचालकों द्वारा मकान जमीन और फ्लैट बिक्री करने के लिए ब्रोशर छपवाकर संबंधित परियोजनाओं में दी जाने वाली सुविधाओं और गुणवत्ता के संबंध में प्रचार किया जाता है लेकिन कई बार ब्रोशर में छपी जानकारी और वास्तव में दी जाने वाली सुविधाओं में अंतर होने के कारण उपमोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है नजूल पट्टा शिविर रियायती और गैर रियायती स्थायी पट्टे पर प्राप्त नजूल भूमि के पट्टेदार द्वारा पंद्रह वर्ष की भू भाटक की राशि एकमुश्त जमा करने पर आगामी पंद्रह वर्षो तक भू भाटक जमा करने से छूट मिलेगी राज्य सरकार ने इस संबंध में राजस्व विभाग को दिशा निर्देश जारी किया है जारी निर्देश के अनुसार नगरीय क्षेत्रों में नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने के लिए विभिन्न वार्डों में शिविर लगाने के निर्देश कलेक्टरों को दिए गए हैं इसी तरह से नगरीय क्षेत्रों में भूमि के आवंटन व्यवस्थापन पट्टों का नवीनीकरण और पट्टों की भूमि का अधिकार प्रदान करने से जुड़े मामलों का जल्द निराकरण करने का निर्देश भी दिया गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कल भारतीय प्रशासनिक सेवा के गुजरात कैडर के छह प्रशिक्षु अधिकारियों ने मुलाकात की एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत गुजरात के अधिकारियों का यह दल सात मार्च तक छत्तीसगढ़ के प्रवास पर है इस दौरान इन अधिकारियों को प्रदेश के सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण के साथ ही लोक संस्कृति से परिचित कराया जा रहा है इसके अलावा राज्य की पलैगशिप योजनाओं और इनके क्रियान्वयन की जानकारी भी दी जा रही है गौरतलब है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत छत्तीसगढ़ राज्य को गुजरात राज्य के साथ जोड़ा गया है तम्बाकू कार्यशाला राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत रायपुर में आज एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों से आए तेरह जिले के अधिकारियों को सिगरेट और तम्बाकू से होने वाले नुकसान तथा इसके नियंत्रण के लिए मौजूदा कानूनों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया इस अवसर पर राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर कमलेश जैन ने कहा कि तम्बाकू में साठ तरह के कैंसर पैदा करने वाले तत्व होते हैं उन्होंने कहा कि स्वस्थ नागरिक और सेहतमंद समाज बनाने के लिए धूम्रपान और तम्बाकू सेवन से बचना चाहिए

इस सिलसिले में राजनांदगांव शहर के धामनसरा क्षेत्र में कृषि और राजस्व विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से खेतों में जाकर सर्वे किया

रेलवे महिला सशक्तिकरण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अपने विभिन्न अहम पदों की जिम्मेदारी महिला अधिकारियों को देकर उनके सशक्तिकरण की दिशा में सार्थक पहल की है वहीं इन पदों पर कार्य करने वाली महिलाएं भी अपनी क्षमता और योग्यता से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की कार्य कुशलता बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं रेलवे सुरक्षा बल में तैनात महिलाकर्मियों द्वारा तेजस्विनी व्हाट्सअप ग्रुप का संचालन किया जा रहा है जिसके जरिये ट्रेनों में यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है गौरतलब है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न विभागों में करीब आठ सौ महिलाएं प्रमुख पदों पर कार्य कर रही हैं इनमें इंजीनियर तकनीशियन चालक परिचालक टिकट निरीक्षक के साथ ही हेल्पर जैसे पर शामिल हैं मौसम और अब पेश है मौसम का हाल प्रदेश में आगामी चौबीस घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है वहीं पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं राजधानी रायपुर में आकाश आंशिक मेघमय रहने की संभावना है